प्रोटेम स्पीकर डॉ वीरेन्द्र कुमार ने नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलायी सबसे पहले प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता नरेन्द्र र्मादी ने शपथ ग्रहण किया लोकसभा के महासचिव ने जैसे ही शपथ के लिए प्रधानमंत्री का नाम पुकारा एन डी ए सदस्यों ने मेजें थपथपाई और मोदी मोदी के नारे लगाए प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण किया इनमें राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डी वी सदानन्द गौड़ा हरसिमरत कौर बादल रविशंकर प्रसाद संतोष गंगवार और स्मृति ईरानी शामिल हैं डॉ हर्षवर्धन श्रीपद नायक तथा अश्विनी चौबे ने संस्कृत में शपथ लिया प्रधानमंत्री के बाद कांग्रेस के श्री सुरेश ने शपथ ग्रहण किया पीठासीन अधिकारियों कोडिकुनिल सुरेश बृजभूषण शरण सिंह और भर्तृहरि महताब ने भी शपथ लिया राज्यसभा की बैठक ब्रहस्पतिवार से होगी सत्र छब्बीस जुलाई तक चलेगा सत्र के दौरान लोकसभा की तीस और राज्यसभा की सत्ताईस बैठकें होंगी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को ब्रहस्पतिवार को संबोधित करेंगे केन्द्रीय बजेट अगले महीने की पांच तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद के इस सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल चर्चा में भाग लेंगे सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को अपनी संख्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष सदन में अपनी राय रखेगा और कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेगा श्री मोदी ने सांसदों का स्वागत करते हुए कहा कि सदस्यों को मुद्दों पर निष्पक्ष तरीके से सोचना चाहिए और देश के व्यापक हित में काम करना चाहिए प्रधानमंत्री ने नई लोकसभा में महिला सदस्यों की अधिक संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की श्री मोदी ने कहा कि उनका अनुभव है कि संसद अगर सुचारू रूप से चलती है तो सरकार देशवासियों की बहुत सी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है भाजपा संसदीय बोर्ड की आज शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी बैठक में राज्यसभा उपच्नावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की संभावना है बुधवार को होने वाले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विश्व मरूस्थल और सुखा निरोधक दिवस लोगों को यह याद दिलाने का महत्वपूर्ण अवसर है कि इन समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय की मजबूत भागीदारी से इनका समाधान संभव है जावड़ेकर ने कहा कि मिट्टी को उर्वर बनाये रखकर भूमि की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर ट्रामा सेंटर में आज एक जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं इससे पहले एम्स के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन से दूर रहकर मरीजों की देखभाल करने का निर्णय लिया था एम्स के डॉक्टरों ने परिसर में विरोध मार्च भी निकाला रेजीडेंट डॉक्टर्स ऐसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार से हड़ताली डॉक्टरों की मांग और जनहित में उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स ऐसोसिएशन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गयी है हालांकि इसने बिना किसी रूकावट के आपातकालीन सेवाएं जारी रखने का निर्णय किया है उच्चतम न्यायालय देशभर में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर कल सुनवाई करेगा न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने आज इस पर सहमति व्यक्त की पश्चिम बंगाल में एक सरकारी अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टरों के साथ की गई मारपीट के कारण डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के मद्देनजर यह याचिका दायर की गई है इस याचिका में केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टरों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने की मांग की गई है प्रदेश के बलरामपुर जिले में सड़क किनारे एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से पांच लोगों की मौत हो गई पुलिस के अनुसार दुर्घटना में अट्ठारह लोग घायल हुए हैं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें पांच की हालत गम्भीर बताई जा रही है पुलिस ने कहा है कि ईट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर अपने काम पर जा रहे थे और वाहन के नियंत्रण खो देने के कारण यह द्वर्घटना हई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और हरसंभव सहायता देने का निर्देश दिया है